इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं र्क उदघाटन व शिलान्यास करेंगे इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागाचोंगी का उदघाटन सीनीयर सकैंडरी स्कूल भटकीघार वे सैरीकल्वर सैंटर बागाचौंगी की आधारशिला प्रमुख रूप से शामिल है इसके बाद मुख्यमंत्री का बागाचोंगी में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यकम है

उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से समारोह में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान करते हुए कहा कि लोगों द्वारा दी गई राशि सैनिकों भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण कार्यों में उपयोग की जाती है उन्होंने उम्मीद जताई की लोगों द्वारा स्वेच्छा से दिया गया दान इस वर्ष और भी अधिक होगा आज विश्व एड्स दिवस है दुनिया भर में हर वर्ष एचआईवी सकंमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है इस वर्ष की थीम है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस ये रोग एचआईवी वायरस के संकमण से होता है इस रोग से बचाव के लिए देश सहित प्रदेश में आज सरकारी व गैर सरकारी संगठनों सहित अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यकम आयोजित किए जा रहे हैं

मुख्य न्यायधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए उल्लेखनीय है कि याचिका कर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा केंद्रों में अव्यवस्था के चलते सैंकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे

अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में इंस्पेक्टर राज पर नकेल मर्जी से नहीं मार सकेंगे छापा पोर्टल तैयार करेगी सरकार

पंजाब केसरी लिखता है मंत्रिमंडल विस्तार व संगठनात्मक विषयों पर चंडीगढ में मंथन संघ के अधिकारियों के साथ जयराम सत्ती व परमार की बैठक बिलासपुर लेह रेल लाईन से जम्मू कश्मीर को भी वैकल्पिक मार्ग नेशनल प्रोजेक्ट घोषित होने पर नहीं होगी बजट की कमी अमर उजाला की एक खबर है दैनिक जागरण लिखता है आईजीएमसी में पहली बार हुई बैरियेट्रिक सर्जरी आपका फैसला का शीर्षक है आईजीएमसी शिमला में हुई पहली रोबोटिक सर्जरी

पंजाब केसरी लिखता है गुड़िया दुष्कर्म और मर्डर केस में निलंबित रहे जैदी को वक्फ बोर्ड का सीईओ लगाया हिमाचल दस्तक की सुर्खी है डीडब्ल्यू नेगी मनोज जोशी की पोस्टिंग किन्नौर चंबा और लाहौल स्पिति में बार्डर एरिया पर रिलायंस ने लगाए मोबाइल टावर शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है आईटीबीपी ने सरकार से की थी बेहतर कनेक्टिविटी की मांग उसी पर हुआ अमल मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है बर्फ के फाहों से चादी की तरह चमक रहे पहाड़ प्रदेशभर में कड़ाके की ठंड